केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश करोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हरियाणा में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियो को पढ़ने की आदत शुरू करने के लिए रीडिग मिशन हरियाणा शुरू किया गया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि तीन जिलों यमुनानगर कैथल तथा सिरसा में मेडिकल कालेज खोलें जायेंगे हरियाणा में आज राष्ट्रीय कृमि दिवस पर एक से उन्नीस वर्ष के बच्चों को अलबंजाज़ोल की दवा खिलाई गई

न्यायाधीश अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीट ने कहा कि अदालत इन मामलों में अग्रिम ज़मानत दे सकती है जहां मामला प्रथम दृश्यता का न बनाया गया हो पीठ ने कहा कि इस कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के पहले प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मजूंरी भी जरूरी है पीठ के अन्य सदस्य न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट ने एक निर्णायक फैसले में कहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने साथी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हुये भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के अधीन प्रथम दृश्या मामला नहीं बनया गया तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती और आग्रिम ज़मानत का उदार इस्तेमाल संसद की भावना के खिलाफ हागा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने कहा है कि देश नोवेल कोरोना वायरस के खतरे से निपटन के लिए पूरी तरह तैयार है लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलते हये डा हर्षवर्धन ने कहा कि सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है और सरकार स्थिति पर बारीकी से निगरानी रख रही है मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक पैनल गठित किया है उन्होंने कहा कि इस वृद्वि पर स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य राज्यों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहा है

डॉ हर्षवर्धन ने एयर इंडिया और भारतीय छात्रों का बुहान से लाने के मिशन में शामिल चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद किया हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया है कि प्रदेश के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों में पढऩे की आदत विकसित करने के लिएरीडिंग मिशन हरियाणा श्रू किया गया है जिसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पुस्तक समीक्षा पर चर्चा तथा बड़े स्तर लेवल पर समाचार पत्र या प्स्तक पढऩे का समय निर्धारित किया जाएगा

यह मिशन काफी नवीन व समकालीन है इससे पुस्तकों की खोई हई गरिमा वापस आएगी केन्द्रीय खाय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सोनीपत के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानि निफ्टम के तीसरे दीक्षांतसमारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और छात्र व छात्राओं को डिग्रीयां व पदक प्रदान किये बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती बादल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल बारे पूछे जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली हई है और कांग्रेस में तो अबकी बार आम आदमी पाटी की चुनाव में सहायता की है केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि वे इश्तहारों पर बड़ी बड़ी बाते करते है लेकिन निचले स्तर पर कोई काम नहीं हुआ

आज पूरे देश के साथ हरियाणा में भी राष्ट्रीय कृमि रोधी दिवस मनाया गया और प्रदेश के हर जिले में एक से उन्नीस वर्ष तक के बच्चों का अलबंडाज़ोल की गोलियां खिलाई गई विभिन्न जिलों से प्राप्त् समाचारों के अनुसार सरकारी व निजी स्कूलों में अध्यापकों ने बच्चों की गोलियां खिलाई जबकि अन्य जगहों पर आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताताओं ने ये जिम्मेवारी निभाई यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया के अनुसार जिले मे चार लाख तीन हजार उनसठ विद्यार्थियों को पेट के कीड़े मारने की गोलियां खिलाने का लक्ष्य था लेकिन आज तीन लाख सतर हजार बच्चों को ही गोलियां खिलाई गई शेष छूट गये बच्चों को संत्रह फरवरी को दवा खिलाई जायेगी सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद ने एक निजी स्कूल से इस कार्यक्रम की शुरूआत की और बताया कि जिले में आठ सौ तिरालिस सरकारी स्कूलों दो सौ तिहतर निजी स्कूलों तथा एक हजार तीन सौ सतहतर आंगनवाड़ी केन्द्रों में चार लाख उनतीस हजार आठ सौ उनसठ बच्चों को अलबडाज़ोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा है पंचकूला में भी आज एक लाख पैंतालिस हजार पांच सौ इक्कीस बच्चों को कृमि मुक्ति दवा खिलाई गई

पकड़े गये व्यक्ति की पहचान सिरसा निवासी इकबाल सिंह के तौर पर हई है सिरसा के सीआईए सटाफ के प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि इसमे पूछताछ के बाद अफीम स्ल्पाई करने वाले दो लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाख जा रही है

प्रतियोगिता के शुभारंभ पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस मुकाबले से हैंडबाल खेल की छिपी प्रतिभाओं को मंच मिला है और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं में चयन का अवसर मिलेगा

इस मौके पर विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ के चुनाव बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्मयंत्री से उनकी बात हो चुकी है

उन्होंने इनसो व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई

आज यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा पंचकूला से इंडिया गेट दिल्ली तक दौड़ लगाने वाले यम्नानगर निवासी केशव मानिक वहला को उनकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया उपायुक्त मुकुल कुमार की अध्यक्षता मे हये सम्मान समारोह में इसके अलावा बारह जनवरी का यूवा दिवस के मौके पर आयोजित रन फार यूथ मैराथन के वितेता प्रतिभागियों को भी प्रंशसा पत्र नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया